मुख्यमंत्री ने कहा थानागाजी दुष्कर्म मामले को लेकर राजनीति करना ठीक नहीं सरकार इस मामले में गंभीर

वे जयपुर में आज शाम एक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करेंगे आज सवेरे जयपुर के हवाई अड़डे के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने थानागाजी दुष्कर्म मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा

इससे पहले कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक पत्रकार वार्ता में कहा था कि थानागाजी दुष्कर्म मामले को लेकर सरकार गंभीर है और उन्होंने अपने स्तर पर इस मामले की जांच के लिये सभी जरूरी कदम उठाए हैं श्री गहलोत ने कहा कि अब इस मामले में राजनीति की जा रही है जो सही नहीं है मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान को कानून व्यवस्था की दृष्टि से देश का मॉडल स्टेट बनाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे है श्री गहलोत ने कहा कि थानों तथा फील्ड में लगे अधिकारियों के बारे में गुप्त रिपोर्ट की वे स्वयं समीक्षा करेंगे उन्होंने कहा कि जो अधिकारी अच्छा काम करेंगे उन्हें सम्मान दिया जाएगा और जो गड़बड़ी करेंगे उन्हें सजा भी दी जाएगी

थाने के बाकी स्टाफ को ॅलाईन हाजिर कर दिया गया है गौरतलब है कि कालेसरा निवासी एक युवक को इलाके में एक मंदिर में हुई चोरी के मामले में हिरासत में लिया गया था उसने कल शाम थाने में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली पुलिस के अनुसार आरोपी आदतन अपराधी था और उसके खिलाफ चोरी तथा अन्य अपराधों के कई मामले दर्ज है

विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख प्रचारक इस समय देश के विभिन्न हिस्सों में चुनाव सभाएं और रैलियां कर रहे हैं

उन्होंने कहा कि इसके लिए परस्पर विरोधी हितों और विचारधाराओं के साथ तालमेल बिठाते हुए समस्याओं का समाधान तलाशना होगा नई दिल्ली में कल विश्व व्यापार संगठन के विकासशील देशों की मंत्रिस्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि बहु पक्षीय व्यापार प्रणाली एक सामूहिक जिम्मेदारी है इसमें विभिन्न देश अपनी भागीदारी निभाते है

इनसे करीब साढे पांच लाख रूपये जुर्माने के रूप में वसूले गये मंडल वाणिज्य प्रबंधक ने बताया कि रेलवे का यह जांच अभियान अभी जारी रहेगा

पार्टी की जयपुर सचिव सुमित्रा चौपड़ा ने कल एक बयान जारी कर कहा कि यह शर्म की बात है कि पीने के पानी की समस्या को लेकर महिलाओं को इस भीषण गर्मी में प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं उन्होंने कहा कि जलदाय विभाग को स्वतः संज्ञान लेकर गर्मी शुरू होते ही इस संकट को दूर करना चाहिए उन्होंने मांग की कि समूचे शहर में पीने को पानी की समस्या का शीघ्र समाधान किया जाना चाहिए ताकि आम जनता की परेशानी दूर हो उन्होंने कहा कि इस पर शीघ्र ध्यान नहीं दिया गया तो उनकी पार्टी आंदोलन करेगी इस बीच जयपुर शहर के बहुमंजिला इमारतों में भी पानी की भीषण किल्लत देखी जा रही है जगतपुरा स्थित महिमा पैनोरमा में लगातार पानी का संकट झेल रहे निवासियों ने अब इसे लेकर पुलिस में महिमा ग्र्प के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का निर्णय लिया है

किसानों को अब विभाग ने सिंचाई शुल्क जमा कराने के लिए तीन सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया गया है किसान प्रतिनिधियों की ओर से क्षेत्र की अनेक वितरिकाओं के मोघे सीज करने का विरोध किया गया था सीज मोघे तीन सप्ताह के लिए खोले जायेंगे खरीफ की फसल की बिजाई को देखते हुए किसानों को तीन सप्ताह की राहत दी गयी है अब किसानों को पहले की तरह फसल बुआई के लिए सिंचाई पानी मिल सकेगा

बारह दिन के उत्सव का श्रभारम्भ अमरीकी निदेशक जिम जरमुश की फिल्म द डेड डोन्ट डाइ से होगा समारोह में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे सुचना और प्रसारण सचिव अमित खरे भारत पवेलियन का शुभारम्भ करेंगे इस पवेलियन में विभिन्न क्षेत्रों भाषाओं और सांस्कृ तिक विविधता की उत्कृष्ट भारतीय फिल्में दिखाई जाएंगी इसका उद्देश्य भारत में फिल्में बनाने वितरण पटकथा लेखन और फिल्म निर्माण प्रौद्योगिकी तथा बिक्री को बढ़ावा देना है इस अवसर पर भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष में एक विशेष पोस्टर भी जारी किया जाएगा

यह जानकारी देते हुए अतिरिक्त सहकारिता रजिस्ट्रार ने कहा कि मेले में मथानिया और खडार की लाल मिर्च रामगंज मंडी का धनिया और राजसमंद का प्राकृतिक शर्बत लोगों के आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है इस बार इरोड़ की हल्दी चैन्नई की मुण्ड मिर्ची सांभर मसाला कुंक्म रागी का आटा भी उपलब्ध कराया गया है मेले में उदयपुर डेयरी द्वारा बकरी का किटाणुरहित दूध भी उपलब्ध कराया गया है

तेज आंधी के कारण जोधपुर में कल रात एक हादसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की मृत्यू हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है एक निर्माणाधीन मकान की छत गिरने से ये हादसा हुआ मृतकों के परिवार ने राज्य सरकार से एक करोड़ रूपये के मुआवजे की मांग की है

उधर हनुमानगढ के रावतसर धानमंडी में रखा हजारों क्विंटल गेहू बरसात में भीगने से खराब हो गया है इस बीच जयपुर सहित कुछ स्थानों पर आज सुबह हल्की से मध्यम बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया